मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने क निर्देश दिये हैं

मूख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभियान चलाकर खाद्य सामग्रियों के नमूने ले और जांच में नम्ना फेल होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे उन्होंने खाद्य तेलों मसालों और दालों के साथ साथ सब्जियों में मिलावट की रोकथाम के लिये इनकी लगातार मॉनिटरिंग करने के लिये भी कहा मुख्यमंत्री ने दवा कम्पनियों मेडिकल स्टोरो और ब्लड बैंका की निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इनसे दवाओं आदि के नमूनों का संकलन करते हुए उनका विशलेषण सुनिश्चित किया जाये उन्होंने खाद्य व्यवसाय से जुड़े और खाद्य उत्पाद विर्निमाण करने वालों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता से सभी औपचारिकताएं पूरी कराते हुए उन्हें शीघ्र लाइसेंस उपलब्ध कराये जाये इस श्रेणी के तहत लाइसेंस धारकों की संख्या बढ़ाने के लिये ऑन लाइन लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था को ण्डप्रभावी बनाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चौदह दिसम्बर को प्रस्तावित कानपुर दौरे के मद्देनजर तैयारियां जोर शोर से चल रही है इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर पहुंच कर अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा तैयारी टेनरियों से प्रदूषण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यो की समीक्षा की उन्होंने गंगा किनारे अटल घाट एवं गंगा बैराज का निरीक्षण किया और गंगा नदी में गिरने वाले नालों और घाटों की सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज प्रदश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीड़िता के गांव जाकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उन्नाव दुष्कर्म पीडिता की मौत पर गहरा दुःख प्रकट किया है

मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाएगी और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करेगी उन्होंने कहा कि सभी अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं इस बीच दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु पर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की तीखी आलोचना की है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हुए आज विधानसभा के सामने धरना दिया वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्नाव जाकर पीड़िता के घर पर परिजनों से मुलाकात की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि राज्य सरकार को पीडित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए और दोषी पूलिसवालों के खिलाफ कडी कार्रवाई करनी चाहिए मायावती ने उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण पर आज राजभवन पहुंच कर राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल को ज्ञापन दिया

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि बचपन में दिये गये अच्छे संस्कारों से ही समाज में सकारात्मक विचारों को बल मिलेगा

श्रीमती पटेल ने कहा कि देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिये तकनीकी शिक्षा और नवाचार आवश्यक है राज्यपाल न कहा कि जो विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शोध लेखन पेटिंग और गीत संगीत आदि में रूचि लेकर कॉलेज का नाम रौशन करते हैं उन्हें भी दीक्षान्त समारोह में सम्मानित किया जाना चाहिये समारोह में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमलरानी वरूण ने कहा कि इस विद्यालय के अनेक छात्रों ने देश विदेश में अपना नाम रौशन कर उच्च स्थान प्राप्त किया है उन्होंने कहा कि आज देश के विकास की तुलना औद्योगिक विकास से की जाती है इसलिए जनशक्ति को बढ़ावा देना होगा आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में प्रतिवर्ष सात दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है झंडा दिवस के दिन जुटाए गए धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों आर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और उनके परिवार को नमन करता है उन्होंने लोगों से सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए योगदान करने का अनुरोध किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में ऑन लाइन या चेक के द्वारा योगदान किया जा सकता है ये राशि आयकर से मुक्त होगी सिद्धार्थनगर जिले में आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत सैकड़ों जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया इस कार्यक्रम में जिले के आलाधिकारी बाराती के तौर पर शामिल हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने नव विवाहित जोड़ों को अपनी शुभकामनाएं दी उन्होंने जिले में एक विशाल गौशाला का भी उद्घाटन किया रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज देशभर में चार सौ से अधिक स्थानों पर व्यापक प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित किय गय प्लॉगिंग का अर्थ जॉगिंग करते हुए रास्ते से कूड़ा कचरा साफ करते चलना है इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक परिचर्चा क्विज चित्रकारी प्रतियोगिता जैसे सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ छावनी में आज सुबह प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में सैन्यकर्मियों ने भाग लिया प्लॉगिंग कार्यक्रम का थीम था प्लास्टिक से रक्षा स्वच्छता ही सुरक्षा इस दौरान आने वाले रास्ते से कूड़े को चूनकर उसका उचित जगह पर निस्तारण किया गया छावनी के सोमनाथ द्वार से शुरू हुए इस कार्यक्रम की शुरूआत मध्य यूपी सब एरिया के जनरल ऑफीसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रवश पुरी द्वारा किया गया

प्लास्टिक कचड़े के निस्तारण के लिये छावनी के सैन्य पारिवारिक कालोनियों में भी अभियान चलाया गया जिसमें कालोनियों में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने इस अभियान में स्वैच्छिक रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए और उपाय कर रही है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगस्त और सितम्बर माह में कई कदम उठाये थे श्रीमती सीतारमन ने कहा कि कर की दरों के बारे में वस्तू और सेवा कर परिषद फैसला करेगी

रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सुविधा अवकाश सहित वर्ष के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगी

नये जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जानने के लिये आज जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया जा रहा है जीएसटी व्यवस्था लागू किये जाने के बाद पहली बार करदाता परामर्श आयोजित किया गया इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहलो अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है इसमें व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया कर दाताओं सहित इसमें भाग लेने वाले लोगों ने इसे ज्ञानवर्द्वक बताया और कहा है कि इस तरह के आयोजन स उन्हें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी